मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावां गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्वांजलि आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सहायता का दिलाया भरोसा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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबके लिए घर का वायदा करते हुए कहा है कि गरीबों की मुसीबतें खत्म होने का समय आ गया है नववर्ष के पहले दिन आज वर्चुअल माध्यम से देश के छह राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती जीएचटीसी इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही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

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसकी तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख स्वास्थ सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ कल उच्च स्तरीय बैठक की सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चूनौतियों का पता लगाना तथा इससे जुडे लोगों को प्रशिक्षित करना है

बैठक के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिये अधिकारियों ने डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टीकाकरण अभ्यास का उद्देश्य उन समस्याओं का पता लगाना है जिन्हें पहले चरण में ठीक किया जा सके उन्होंने राज्य के अधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ चालीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले है

वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने का दर बढ़कर संतानब्बे दषमलव छह छह प्रतिशत तक जा पहुंचा है पाकुड़ जिला पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो चुका है स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख बारह हजार चार सौ चौबीस लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

यह सोमवार तथा अन्य राजकीय अवकाशों के अलावा प्रतिदिन खुलेगा आगंतुक अपने आगमन की ऑनलाइन बुकिंग इसके वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं

पहले उपलब्ध और तत्काल बुकिंग की सुविधा फिलहाल नहीं होगी सुरक्षित दूरी बनाये रखने के लिए पहले से बुक करने के चार समय खंड तय किये गए हैं

संग्रहालय भ्रमण के दौरान कोविड दिशा निर्देशों जैसे मास्क पहनना सुरक्षित दूरी बनाये रखना और मोबाइल फोन में आरोग्यस सेत एप होना जरूरी होगा

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खरसावां पहुंच कर खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्वांजलि दी इस मौके पर उनकी पत्नी मीरा मुंडा के अलावा बीजेपी के कई नेता उपस्थित थे इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खरसावां शहीद स्थल पहंच कर शहीदों को नमन किया इस मौके पर मंत्री जोबा मांझी और चंपई सोरेन समेत कई विधायक तथा गणमान्य लोग मौजूद थे श्री सोरेन ने कहा है कि सरकार सभी आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगी उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व वाली पिछली सरकार में ही शहीदों के आश्रित को खोज कर पहली बार नौकरी देने का काम किया गया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से हर आंदोलनकारियों को सहयोग किया जाएगा आंदोलनकारियों को चिह्नित करने के लिए आयोग भी बना है लेकिन झारखंड में आंदोलनकारियों की लंबी फेहरिस्त है हर आंदोलनकारी तक पहुंचना जरूरी है इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अंठानब्बे डाल्टनगंज औरंगाबाद मुख्य पथ पर औरंगाबाद के सांसद सुशील कमार सिंह को सुरक्षा देकर ला रही छतरपुर थाना की स्कॉट गाडी आज दर्घटनाग्रस्त हो गई इस घटना में छतरपुर थाना के एक जवान की मौत हो गई जबकि चार पुलिसकर्मी जख्मी हो गए इनमें से दो जवानों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है जबकि दो अन्य को इलाज के लिए मेदिनीनगर एमएमसीजी में भर्ती कराया गया है उनकी हालत खतरे से बाहर है इधर जिले की छतरपुर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार तीन युवकों की मौत हो गयी इधर जिले के ही नावा बाजार थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार तीन लोग पेड से टकरा गए इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि दो अन्य लोग घायल हो गये खूंटी जिले की पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के सकिय सदस्य सुलेमान सांडीपूर्ति को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है जिले के पुलिस अधीक्षक आश्तोष शेखर ने बताया कि गिरफ़तार नक्सली के पास से दो राइफल और दर्जनों कारतूस भी बरामद किया गया उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सुचना मिली थी कि अड़की और मुरह थाना क्षेत्र के क्लब्रु तथा चौपी के बीच जंगल में नक्सलियों का एक दस्ता भ्रमणशील है इस सूचना पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू की तो नक्सलियों ने फायरिंग षुरू कर दी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और पीएलएफआई दस्ते के एक सदस्य को धर दबोचा इस बीच मौके का फायदा उठाकर एरिया कमांडर लाका पहान समेत अन्य नक्सली भाग निकले

इस दौरान सारी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं स्थगित की गई लेकिन इस अवधि में भी खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए माल गाड़ियों का परिचालन सुचारू रूप से होता रहा इस प्रतिकल परिस्थिति में भी रांची रेल मंडल अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए लॉक डाउन की अवधि में प्रतिदिन हजारों जरूरतमंद लोगों को भोजन तथा भोजन पैकेट मास्क सैनिटाइजर और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई प्रवासी मजदरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए देश की पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन हैदराबाद के लिंगमपल्ली से हटिया स्टेशन पर आगमन हुआ

राज्यभर में लोगों ने उत्साह के साथ नए वर्ष का गर्मजोषी से स्वागत किया विभिन्न पिकनिक स्थलों पर लोगों की भीड देखी गयी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोग सामाजिक दृरी का पालन करने के साथ ही मास्क लगाकर जष्न मनाते नजर आये वहीं साल के पहले दिन विभिन्न मंदिरों में भी श्रद्वालुओं की भीड़ देखी गयी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य वासियों को नववर्ष की ष्भकामनाएं दी राज्य के विभिन्न जिलों में भी नववर्ष पर मंदिर मस्जिद और गिरजाघरों में लोगों की आवाजाही सुबह से ही देखी गयी वहीं सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों पर भी लोगों ने नये उत्साह और उल्लास के साथ नववर्ष का स्वागत किया इस दौरान सभी प्रमुख पर्यटकों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किये गये थे हजारीबाग जिले में भी नववर्ष को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग नजर आया

अब यह ट्रेन रांची स्टेशन से इक्कीस बजकर तीस मिनट के स्थान पर इक्कीस बजकर चालीस मिनट पर प्रस्थान करेगी गोड़डा जिले के ललमटिया और महागामा थाना क्षेत्र में अलग अलग सड़क द्र्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि चार अन्य लोग घायल हो गये चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत खदैया गांव के निकट मोटरसाईकिल युवक ने एक वृद्ध को टक्कर मार दी इस घटना में मौके पर ही वृद्ध की मौत हो गई